मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश में चल रहा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत को आत्म निर्भर बना रहा है प्रधानमंत्री ने वचुर्अल माध्यम से वाराणसी के कोविड टीकाकरण अभियान के लाभार्थियों और स्वास्थ्य कर्मियों से आज बातचीत के दौरान यह बात कही श्री मोदी ने भारत के टीकाकरण कार्यक्रम में लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए कोविड टीकाकरण कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड योद्वाओं ने महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने टीकाकरण अभियान के पहले चरण में खुद टीके लगवाकर निर्णायक कदम उठाया है

श्रो मोदी ने कहा कि वैक्सीन के आपात उपयोग की अनुमति देना राजनीतिक फैसला नहीं है बल्कि डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के साथ कई दौर के विचार विमर्श के बाद यह फैसला किया गया है प्रधानमंत्री से बातचीत में लाभार्थियों ने कहा कि टीका लगवाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है वाराणसी जिला महिला अस्पताल की मैट्रन बहन प्रष्पाजी मुझ से बात कर रही हैं पुष्पाजी नमस्ते

मेरा नाम प्रष्पा देवी है मैं जिला महिला चिकित्सालय में मैट्रन के पद पर कार्यरत हूं सर और मैं एक वर्ष से मैट्रन का कार्य देख रही हूं मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्यकर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं

मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूं समाज को सुरक्षित समझ रही हूं मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है रानीजी नमस्ते सर मेरा नाम रानी गौड़ श्रीवास्तव है मैं डिस्ट्रिक्ट विमन हॉस्पिटल में ए एन एम के पद पर छह साल से कार्यरत हूं अब तक कितने वैक्सीन दिये हैं आपने पूरे छह साल में एक दिन में कितने देते होंगे

इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुश किस्मत समझती हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन देश में सभी लोगों को उपलब्ध कराई जायेगी

उन्होंने कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव और भाई भतीजावाद की राजनोति के बिना काम कर रही है

यहां साधारण परिवार में जन्म लेने वाले नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन सकते हैं उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है

वहीं आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किसानों के लिये एक लाख करोड़ रूपये की निधि आवंटित की गई उन्होंने कहा कि वोकल फार लोकल अभियान के तहत उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद की नीति पर चलते हुए इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने दो दिवसीय दौरे पर कल शाम लखनऊ पहुंचे थे उन्होंने आज लखनऊ में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भाग लिया

देश के दस्तकारों और शिल्पकारों क स्वदेशी उत्पादों को एक नई पहचान और बाजार उपलब्ध कराने के उददेश्य से लखनऊ स्थित अवध शिल्पग्राम में वोकल फार लोकल थीम के साथ आज से चौबीसवां हुनर हाट शुरू हो गया है

हुनर हाट के शुभारम्भ के मौके पर आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए केन्द्रोय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मूख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है श्री नकवी ने कहा कि देश के कोने कोने से आने वाले कारीगरों और दस्तकारों को हुनर हाट के माध्यम से एक बड़ा प्लेटफार्म दिया जा रहा है यहां कारीगरों और दस्तकारों को अपने उत्पादों को बेचने के साथ साथ उसकी ब्रांडिंग के तौर तरीके भी सीखने को मिलते हैं

श्री नकवी ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर आयोजित किये जा रहे हुनर हाट दस्तकारों और शिल्पकारों के लिये उत्साहवर्धक और लाभदायक साबित हो रहे हैं उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षो में हुनर हाट के माध्यम से इससे जुड़े लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं वहीं देश की पारम्परिक दस्तकारी और शिल्पकारी विरासत को मजबूती और नई पहचान मिली है उन्होंने कहा कि लखनऊ में आयोजित किये जा रहे हुनर हाट में लोग विभिन्न अंचलों के पारम्परिक लजीज पकवानों का लुफ्त भी उठायेंगे वहीं देश के जानेमाने कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आकर्षण का केन्द्र होंगे प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान जारी है राज्य सरकार ने टीकाकरण के लिये सप्ताह में दो दिन ब्रहस्पतिवार और शक्रवार का दिन तय किया है राज्य के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि आज प्रदेश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया उन्होंने बताया कि सोलह जनवरी को प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड वैक्सीन लगाने का कार्य किया गया था

मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्राथमिकता के क्रम में कोविड वैक्सीन राज्य में सभी के लिये उपलब्ध होगी प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है

देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक नरेन्द्र चंचल का आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नरेन्द्र चंचल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति को कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेंस की नीति में जेम पोर्टल काफी कारगर साबित हो रहा है

जेम पोर्टल पर उपलब्ध उत्पाद या सेवा की खरीद किसी अन्य माध्यम से करने वालों पर विभागध्यक्ष की ओर से कार्रवाई भी की जायेगी